मुख्यसचिव एसआर मोहन्ती ने परीक्षा परिणामों की घोषणा की

वहीं विज्ञान गणित संकाय में अशोकनगर जिले के चंदेरी की आर्या जैन पहले स्थान पर रहीं

हाईस्कूल परीक्षा में सागर के गगन दीक्षित और आयुष्मान ताम्रकार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार के पालीगंज में जनसभा में कहा कि विपक्षी दल कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपने हितों में ज्यादा है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल केन्द्र में कमजोर सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ब्लेकमेलिंग का सहारा लेकर अपने काम करवा सकें वहीं श्री मोदी झारखंड के देवघर तथा पश्चिम बंगाल के हसनाबाद और डायमंड हार्बर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का प्रदेश में धार का दौरा निरस्त होने की खबर है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में रोड शो करेंगी

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिये हैं पुलिस ने इस सिलसिले में एक सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं भाजपा ने इस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन डॉ जितेन्द्र सिंह सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे

प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है